आज ग्वालियर चंबल सागर और रीवा संभागों में लू चलने की आशंका

आज दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से

आईएएस के तबादलों में नगरीय विकास और आवास आयुक्त गुलशन बामरा को सागर और राजस्व विभाग की सचिव रेण् तिवारी को चम्बल संभागायुक्त बनाया गया है जबलपुर नगर निगम कमिश्नर चंद्रमोली शुक्ला को हटाकर मंत्रालय में पदस्थ किया गया है उनकी जगह आध्यात्म विभाग के उपसचिव आशीष कुमार को पदस्थ किया गया है कटनी धार खंडवा मंदसौर आगरमालवा और जबलपुर जिले ऐसे हैं जिनमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों बदले गये हैं अजय गंगवार को नीमच ै सुफिया फारूकी को रायसेन कलेक्टर बनाया गया है वहीं तनवी सुंदीयाल खंडवा कलेक्टर बनाई गई हैं मनोज पृष्य मंदसौर बक्की कार्तिकेयन डिण्डौरी कलेक्टर बनाये गये हैं उधर दमोह में तरूण राठी आगरमालवा में अभय कुमार वर्मा शाजापुर में वीरेन्द्र सिंह रावत को तैनात किया गया है

अक्षय कुमार सिंह निवाड़ी कलेक्टर होंगे डाक्टर सुदाम खाड़े को भोपाल पद से हटाकर मंत्रालय में अपर सचिव बनाया गया है इसी तरह धार से दीपक सिंह अलीराजपुर से समीम उददीन नीमच से राजीव रंजन मीणा सतना से सत्येंद्र सिंह दमोह से नीरज कुमार सिंह रायसेन से एस प्रिया मिश्रा कटनी से डाक्टर पंकज जैन ब्रहानुपर से उमेश क्मार निवाड़ी से शेलवाला अंजना मार्टिन और सीहोर से गणेशशंकर मिश्रा को कलेक्टर पद से हटाकर मंत्रालय में उपसचिव बनाया गया है भोपाल आईजी जयदीप प्रसाद को हटाकर उनके ही बेच के अधिकारी योगेश देशमुख को नया आईजी बनाया गया है वहीं भोपाल उत्तर एसपी हेमन्त चौहान शिवपुरी पुलिस अधीक्षक हिंगणकर सीधी एसपी तरूण नायक और शाजापुर पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान को भी हटा दिया गया है किसान आय केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल कहा कि अगले पांच साल के दौरान किसानों की आय दौगुनी करने के लिये हर संभव प्रयास किये जाएंगे नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे किसान समृद्ध तो देश समृद्द की अवधारणा पर काम करेंगे और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये आधुनिक कृषि तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा कृषि राज्यमंत्री पुरूषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी ने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया वहीं केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने विभाग का दायित्व संभालते हुए कहा कि नये भारत के निर्माण में हमारा मंत्रालय सक्रिय भूमिका निभाएगा और हम सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिये काम करेंगे केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय का और राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री का कल कार्यभार संभाला जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कल नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की श्री मलिक ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने गृहमंत्री को सुरक्षा स्थिति और हालात तथा विकास कार्यो के बारे में जानकारी दी महाराष्ट्र के राज्य पाल सी विद्यासागर राव केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम पुद्चैरी की राज्यपाल किरण वेदी और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अमित शाह से मुलाकात की रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक कल से सात तारीख के बीच देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा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

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं

सांची दुध भोपाल दुग्धसंघ ने दुध के दाम में दो रूपये प्रतिलीटर का इजाफा किया है कल से उपभोक्ताओं को बड़े हुए दाम पर ही सांची दुध मिलेगा

वहीं सांची स्टेण्डर्ड कोन स्मार्ट डबल टोन के दामों में एक एक रूपये का इजाफा किया गया है मलेरिया माह प्रदेश में जून माह मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है कल से शुरू हुए इस माह के दौरान आम जनता को मलेरिया से बचाव के तरीकों से अवगत कराया जाएगा खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि मलेरिया रथ द्वारा जिले के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर लोगों को मलेरिया रोग से बचाव के उपायों के संबंध में जानकारी देने के साथ ही उन्हें जागरूक किया जा रहा है मलेरिया माह को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज सीहोर में जागरूकता रैली निकाली गई अशोकनगर में कल कलेक्टर डाक्टर मंजू शर्मा ने मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यह रथ जिले के सभी विकासखण्डों के गांवों और हाटबाजारों में मलेरिया बीमारी से रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करेगा बैतूल नरसिंहपुर रायसेन सहित अन्य जिलों में भी मलेरिया निरोधक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है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

वहीं प्रदेश में नौतपा ने लोगों को बेहाल कर दिया है तपती किरणों के चलते भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में लू का प्रभाव रहा

वहीं राज्य के ग्वालियर चंबल सागर और रीवा संभागों के अलावा राजगढ़ रायसेन खरगोन खंडवा और शाजापुर जिलों में लू चलने की आशंका है

कार्डिफ में खेले गये इस मुकाबले में न्यूजीलेंड ने टास जीता और गेंदबाजी का फैसला किया

विकेटों के लिहाज से श्रीलंका की विश्व कप में यह सबसे बड़ी हार है

लन्दन के ओवल मैदान में दोपहर तीन बजे से दक्षिण अफ्रीका का सामना बांग्लादेश से होगा पहले मैच में इंग्लेंड के खिलाफ हार का सामना करने वाली अफ्रीकी टीम इस मैच को हर हाल में जीतने की कोशीश करेगी

वहीं पांच लोग बाल बाल बच गये ये सभी तालाब में मछलियां निकालने गये थे

आज ग्वालियर चंबल सागर और रीवा संभागों में लू चलने की आशंका

आज दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से